इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास सरकार की प्राथमिकता है और कांगड़ा जिले में इस दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जयराम ठाक्र ने कहा कि मौजूदा सरकार ने प्रदेश में विकास कार्यो के लिए धन का समुचित प्रावधान किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को बूरी तरह प्रभावित किया है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षल प्रबंधन के कारण इस महामारी पर काबू पाया जा सका है

महेंद्र सिंह ठाकर ने कहा कि केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय के इस संबंध में स्पष्टीकरण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय सहित कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का काम शुरू करने में देरी हो रही है उन्होंने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री से इस संबंध में आ रही तकनीकि कठिनाईयों का निवारण वन व पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से करवाने का आग्रह किया है ताकि केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित अन्य परियोजनाओं का निर्माण कार्य आरंभ किया जा सके

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद इन केन्द्रों के सफल संचालन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बधाई दी है कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य की वित्तिय स्थिति सुधारने में पूरी तरह असफल साबित हो रही है उन्होंने सरकारी धन का दुरपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार अपने मंत्रियों की सुख सुविधा के लिए मंहगी कारें खरीद रही है तो दूसरी तरफ सरकार की वित्तिय स्थिति बदतर होती जा रही है कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं और पूर्व कांग्रेस सरकार के समय हुए विकास कार्यों के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है उन्होंने प्रदेश की वित्तिय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की सरकार से मांग की है

कार्यकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी मदन लाल बंधु ने बताया कि डॉक्टरों की टीम थोरंग गांव भेजी गई है ताकि स्थिति का पता चल सके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 नमस्कार